राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला रिथित चौड़ा मैदान में भीम राव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पृष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी बाबा साहेब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हमीरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे वे हमीरपुर स्थित डिग्री कॉलेज में इन्डोर स्टेडियम और तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक का उदघाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और राज्य स्तरीय हमीर उत्सव का शुभारंभ भी करेंगे

इसका आयोजन माई जीओवी के सहयोग से किया जाएगा यह कार्यक्रम अगले वर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित करने का प्रस्ताव है प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां भेजने का सिलसिला इस महीने की दो तारीख से शुरू हो चुका है विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे अपने सवाल भी ऑनलाइन भेज सकते हैं

स्वच्छ भारत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा कल रिकांगपिओ में स्वच्छता रैली निकाली गई जिसमें बल के जवानों व स्कूली बच्चों ने भाग लिया रैली के माध्यम से आईटीबीपी ने लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया एसडीएम अविनेंद्र कुमार ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि साफ सफाई रखना समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है इस बीच सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो हमीरपुर द्वारा कल धर्मशाला के आईटीआई दाड़ी में स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई इस दौरान आईटीआई के विद्यार्थियों ने प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया

विधायक जियालाल कपूर ने कल भरमौर में परियोजना सलाहाकार समिति की बैठक में अधिकारियों को क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए आज अधिकांश समाचार पत्रों ने निजी स्कूलों की फीस को लेकर शिक्षा विभाग के निर्देश से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है अभिभावकों की सहमति से तय होगी स्कूलों में फीस शिक्षा निदेशालय के निजी स्कूलों को इसी माह आम सभा करने के निर्देश दैनिक जागरण लिखता है हर साल फीस फंड नहीं बढ़ा सकेंगे निजी स्कूल हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार ने कसा शिकंजा हिमाचल दस्तक के शब्द हैं मनमाफी फीस नहीं ले पाएंगे प्राइवेट स्कूल पीटीए से मंजूर करवाकर सरकार को बतानी होगी फीस पंजाब केसरी ने स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार के बयान को शीर्षक दिया है आयुर्वेदा की तर्ज पर भरे जाएंगे डैंटल विभाग में चिकित्सकों के पद

जबकि दिव्य हिमाचल लिखता है राठौर की रणनीति से वरिष्ठ कांग्रेसियों ने किया किनारा

दैनिक भास्कर की एक खबर है सरकार सिर्फ गृहिणी सुविधा योजना में ही देगी दूसरा सिलेंडर हिमाचल में आतिथ्य से अमिताभ अभिभूत शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है अमिताभ से चर्चा के बाद फिल्म सिटी के निर्माण की बढ़ी उम्मीद

इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है सीबीआई अदालत ने बैंक अफसर समेत तीन को सुनाई सजा जुर्माना